राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत के विकास की बात सोची नहीं जा सकती आज लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद समिट के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने यह बात कही राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक प्रतिभा वाला प्रदेश है तथा एक विकसित प्रदेश बनने की सभी परिस्थितियां यहां मौजूद है केवल इसे तराशने की जरूरत है उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश एक टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की क्षमता रखता है राष्ट्रपति ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना से सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग को बल मिलेगा तथा इससे जहां एक ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी ओर इस योजना से स्थानीय कौशल और कलाओं का संवर्द्वन भी होगा बाइट उत्तर प्रदेश की ये ओडीओपी योजना छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक एमएसएमई उद्योगों के लिए सहायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगी हमारे शिल्पकारों का हुनर बहुत ही प्रभावशाली है ओडीओपी योजना से स्थानीय कौशल और कलाओं का संवर्धन होगा तथा उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी इससे उत्तर प्रदेशके हर जनपथ में शिल्पकारों को आर्थिक प्रगति होगी

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश का माहौल बना है एक जिला एक उत्पाद योजना से प्रदेश की तस्वीर बदल जायेगी इससे हर साल पांच लाख युवाओं को अपने जिले में अपने गांव में राजगार मिलेगा बाइट हर वर्ष प्रदेश के अन्दर पांच लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने जा रहे है

अपने घर में पायेंगे अपने गांव में पायेंगे अपने जनपद में पायेंगे अपने प्रदेश को अन्दर पायेंगे प्रदेश की बड़ी मात्रा में पलायन रूकेगा और प्रदेश की उर्जा और प्रतिभा का उपयोग हम प्रदेश के अन्दर करने में सफल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया है मुख्यमत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए दो सौ पचास करोड़ रूपये का प्रावधान किया है

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और उन्हें सहारनपुर के दस्तकारों की उकेरी हुई श्रीमदभगवत गीता भेंट की और ब्यौरा हमारे संवादाता से राष्ट्रापति रामनाथ कोविंद ने एक जिला एक उत्पाहद योजना की वेबसाइट टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति ने तीन लाभर्थियों को ऋण पत्र बांटे जबकि शेष ऋण पत्र विभिन्नर जिलों में प्रभारी मंत्री बांट रहे हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज प्रभारी मंत्रियों तथा शासन के अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किये गये

लखीमपुर खीरी में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पचपन लाभार्थियों में एक करोड़ अस्सी लाख रूपये से अधिक के ऋण वितरित किये गये वहीं बस्ती में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को चेक प्रमाण पत्र वितरित किये गये लखनऊ में आयोजित एक जिला एक उत्पाद योजना समिट का सीधा प्रसारण विभिन्न जनपदों में दिखाया गया इस दौरान लोगों को योजनाओं की विशेषताओं से संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैव ईधन के इस्तेमाल से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और सरकार कूडे कचरे को जैव ईधन में बदलने के लिए बड़ा निवेश कर रही है

एक रिफाइनरी से लगभग हजार पन्द्रह सौ लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है यानि रिफाइनरी के संचालन से लेकरसप्लाई चेन तक लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में एथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इससे न केवल किसानों को मदद मिली है बल्कि पिछले एक साल में चार हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है

इस बचत से ओर गन्ने के लिए मिले विकल्प से गन्ना किसानों को जो बार बार मुसीबतों को झेलना पड़ता है उसका एक स्थायी समाधान का रास्ता निकलेगा

प्रधानमंत्रो ने इस अवसर पर पर्यावरण वन्यजीव वन और तटवर्ती नियमन क्षेत्र से संबंधित मंजूरी देन के लिए एकल खिड़की परिवेश वेब पोर्टल की शुरूआत की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि सरकार जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैव ईधन के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है

कार्यसमिति की बैठक से पूव पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें कार्य समिति में प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जायेगी बैठक में प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी कार्य समिति के सदस्य क्षेत्रीय संगठन मंत्री जिलाध्यक्ष नगर निगमों के महापौर सहित कुल छह सौ तिरासी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे

भाजपा प्रदेश पवक्ता मनीष श्र्क्ला ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में कहा बाइट आगामी आने वाले समय में कौन सी चुनौतिया है संगठन के सामने संगठन की ओर कौन कौन से सामाजिक काम देने है राजनैतिक काम कौन कौन से करने है उन सबका लक्ष्य निर्धारित होता है राजनैतिक मुद्दे क्या है प्रदेश के उसपे चर्चा होती है अब तक प्रदेश की सरकार भी हमारी पार्टी की है उस सरकार ने क्या क्या काम किये

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में एक से उन्नीस साल तक के बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाई गइ अमरोहा के सभी माध्यमिक जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल दवा खिलाई गई इस दौरान पेट के कीड़े से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और साफ सफाई रखने के लिए भी प्रेरित किया गया लखीमपुर खीरी सीतापुर फैजाबाद बदायू रामपुर सहित विभिन्न जनपदों से भी स्कूलों में बच्चों का एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाये जाने की खबर मिली हैं